दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में आठ माओवादी मारे गए नारायणपुर जिले से छह माओवादी गिरफ्तार मुख्यमंत्री ने कहा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग ने कामों को बनाया आसान लेकिन सायबर सुरक्षा आज की बड़ी चुनौती

प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आजादी के बाद काफी समय तक सत्ता में रहने के बावजूद गांवों में बिजली न पहुंचाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की आलोचना की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आज दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार न केवल विद्युतीकरण पर ध्यान दे रही है बल्कि पूरे देश में बिजली वितरण प्रणाली में सुधार कर रही है इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है इस योजना में गांवों बस्तियों के इलेक्ट्रीफिकेशन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने और किसानों को बिजली सप्लाई के लिए अलग केडर की व्यवस्था को भी आरंभ कर दिया है मुख्यमंत्री समीक्षा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज रायपुर में प्रदेश के सभी जिलों के प्रभारी सचिवों की बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की डॉक्टर सिंह ने अधिकारियों से प्रधानमंत्री आवास योजना मनरेगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रधानमंत्री उज्जवला योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति सहित संचार क्रांति योजना के तहत स्मार्ट फोन वितरण की तैयारियों के बारे में जानकारी ली मुख्यमंत्री ने बैठक में वर्तमान खरीफ मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए खाद और बीज वितरण की व्यवस्था और प्रगति की भी समीक्षा की उन्होंने कहा कि विकास यात्रा के दूसरे चरण में तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस भी वितरित किया जाएगा मुख्यमंत्री ने वर्तमान शिक्षा सत्र का उल्लेख करते हए छात्र छात्राओं के लिए जाति निवास और आय प्रेमाण पत्र वितरण का कार्य युद्व स्तर पर पूर्ण करने के भी निर्देश दिए समीक्षा बैठक वहीं मुख्यमंत्री ने कल रायपुर में नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक ली डॉक्टर सिंह ने बैठक में प्रदेश के नगरीय निकायों में केंद्र और राज्य प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अमृत मिशन के तहत राज्य के नौ शहरों रायपुर बिलासपुर दुर्ग भिलाई राजनांदगांव अंबिकापुर जगदलपुर रायगढ़ और कोरबा में केंद्र सरकार द्वारा दो हजार करोड़ रूपये से अधिक की कार्ययोजना स्वीकृत की गई है इन स्वीकृत कार्यों को मार्च दो हजार बीस तक पूर्ण करने का लक्ष्य है बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे

मारे गए माओवादियों में चार महिलाएं भी शामिल हैं सभी माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं डीआईजी नक्सल ऑपरेशन पी सुंदरराज ने बताया कि गंगालुर थाना क्षेत्र से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रप डीआईजी और स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी इसी दौरान बीजापुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में स्थित तिमेनार के जंगल में पहले से घात लगाए माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की इस कार्रवाई में आठ माओवादी मारे गए मौके से दो इंसास दो थ्री नॉट थ्री और बारह बोर की एक बंदूक बरामद की गई है केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा बलों को मिली इस कामयाबी पर जवानों की प्रशंसा की है श्री सिंह ने आज सुबेह मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से फोन पर बात की और बस्तर क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान मिली कामयाबी पर बधाई दी उधर नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने मंडाली के जंगलों से छह माओवादियों को गिरफ्तार किया है इनमें एक लाख रूपये का इनामी माओवादी भी शामिल है मौके से एक टिफिन बम और बिजली वायर सहित माओवादी सामग्रियां बरामद की गई हैं

इंटरनेट कनेक्टिविटी गांव गांव तक पहुंच रही है सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग ने बहत से कामों को आसान बना दिया है लेकिन सायबर सुरक्षा आज की बड़ी चुनौती है इस पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए मुख्यमंत्री आज राजधानी रायपुर में मंथनः सायबर सुरक्षा विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि आज अनेक बड़े संयंत्र दूसरे देशों के सहयोग से स्थापित किए जा रहे हैं इनकी सायबर सुरक्षा के पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए सूचना प्रौद्योगिकी एक ओर काफी उपयोगी है तो दूसरी ओर इसके गलत उपयोग से अव्यवस्था भी हो सकती है डॉक्टर सिंह ने कहा कि सायबर अपराध बढ़ रहे हैं इस परिदृश्य में यह आयोजन काफी महत्वपूर्ण है सम्मेलन को राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के राष्ट्रीय मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार ने भी संबोधित किया

कंपनी ने हड़ताल पर गए सात कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राठौर भी शामिल है कंपनी ने कल हड़ताल को अवैध और गैर कानूनी घोषित करते हुए कर्मचारियों से काम पर लौटने का आग्रह किया था गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले चार दिनों से एंबुलेंस एक सौ आठ और एक सौ दो के कर्मचारी हड़ताल पर हैं खूबचंद बघेल जयंती प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समाज सुधारक और विचारक डॉक्टर खूबचंद बघेल की आज जयंती है इस मौके पर राजधानी रायपुर में उनकी प्रतिमा स्थल पर श्रद्वांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल राज्य पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष देवजी भाई पटेल राज्य बीज विकास निगम के अध्यक्ष श्याम बैस और महापौर प्रमोद दुबे सहित विभिन्न दलों के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय डॉक्टर बघेल को याद करते हुए अपने विचार व्यक्त किए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने संदेश में कहा है कि स्वर्गीय डॉक्टर बघेल गांव गरीब तथा किसानों के अग्रणी और कर्मठ नेता थे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन में उनके ऐतिहासिक योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा कृषि महाविद्यालय धमतरी जिले के कुरूद विकासखंड के ग्राम चर्रा में कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा राज्य सरकार ने इसके लिए ग्राम चर्रा में लगभग सौ एकड़ जमीन आवंटित कर दी है गौरतलब है कि चालू वित्तीय वर्ष के बजट में प्रदेश सरकार द्वारा कृषि महाविद्यालय खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए आवश्यक प्रावधान होने पर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री अजय चंद्राकर ने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के प्रति आभार प्रकट किया है

श्री सिंह को अस्वस्थता के कारण पिछले कुछ दिनों से रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कल देर रात अस्पताल पहंचकर डॉक्टर सिंहदेव के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हुआ है कृषि सलाह कृषि वैज्ञानिकों ने प्रदेश में हो रही लगातार बारिश को देखते हुए किसानों को समसामयिक सलाह दी है कृषि वैज्ञानिकों द्वारा आज जारी बुलेटिन में कहा गया है कि प्रदेश में धान की रोपाई और लइहा बोनी के लिए मौसम अनुकूल है उन्होंने कहा कि किसानों को रोपाई का काम भी शुरू कर देना चाहिए कृषि वैज्ञानिकों ने श्री विधि से रोपा लगाने वाले किसानों को सुरक्षित स्थानों में नर्सरी तैयार करने की सलाह दी है उन्होंने कहा कि नर्सरी के लिए पांच से आठ किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करना चाहिए रोपाई के समय नत्रजन का उपयोग नहीं करना चाहिए रोपा लगाने के सात दिनों के बाद उर्वरकों का उपयोग करना फायदेमंद होता है संक्षिप्त समाचार राज्य सरकार ने प्रदेश के ग्यारह कॉलेजों का उन्नयन कर उन्हें स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा दे दिया है इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के सुप्रीमो अजीत जोगी दिल्ली में उपचार और स्वास्थ्य लाभ लेकर कल राजधानी रायपुर लौटेंगे पार्टी नेताओं और कार्यक्रताओं ने उनके स्वागत की जोरदार तैयारी की है राज्य सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों से वर्ष दो हजार सत्रह के पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं इच्छुक शिक्षक आगामी तीस जुलाई तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं रायपुर कलेक्टर ओपीचौधरी ने जिले के सभी एक सौ दो और एक सौ आठ एंबुलेंस वाहनों के फिजिकल फिटनेस जांच करने के निर्देश दिए हैं कलेक्टर ने इसके लिए विकासखंड स्तरीय समितियों का गठन किया है